प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि कृषि संबंधी कानून खेती और किसानों के लिए नये अवसर उत्पन्न कर रहे हैं इनसे किसान की भूमिका अन्नदाता से उद्यमी की हो जाएगी

प्रधानमंत्री ने कहा कि स्थानीय अर्थव्यवस्था के मॉडल और स्थानीय उद्यमियों के माध्यम से देश को आगे बढ़ाया जाएगा राज्य के कृषि मंत्री बादल ने कहा है कि कृषकों की स्थिति को सुदृढ़ करने की दिशा में सरकार तेजी से काम कर रही है उन्होंने कहा कि सरकार ऐसे किसानों को सूचीबद्ध कर रही है जिन्होंने विभिन्न बैंकों से ऋण लिया है और वह चुकाने में असफल रहे हैं ऐसे किसानों की ऋण माफी की दिशा में काम किया जा रहा है वे आज नेपाल हाउस में विकास आयुक्त सहित कई विभागीय पदाधिकारियों के साथ किसान ऋण योजना को लेकर राज्यस्तरीय कमिटी की बैठक कर रहे थे

भाजपा विधायक नवीन जायसवाल ने कहा है कि वैश्विक महामारी कोरोना वायरस संक्रमण से लड़ने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो तीन मूल मंत्र दिया है उसी के सहारे इस लड़ाई को जीता जा सकता है

राज्य के आर्च विशप फेलिक्स टोप्पो ने भी कोरोना महामारी से बचने के लिए लोगों से सही तरीके से मास्क पहनने दो गज की दूरी का पालन और साफ सफाई पर ध्यान देने की अपील की

द्मका विधानसभा उपच्नाव के लिए आज भाजपा प्रत्याशी लुईस मरांडी ने नामांकन पत्र दाखिल किया इस अवसर पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश और विधायक अनंत ओझा समेत कई वरिष्ठ नेता उपस्थित थे श्रीमती मरांडी के अलावा प्रत्यासी दुलड मरांडी और बाबुधन मुर्मू ने भी नामांकन किया इधर बेरमो विधानसभा उपचुनाव के लिए कल भाजपा प्रत्याषी योगेष्वर महतो और कांग्रेस के जयमंगल सिंह समेत अन्य प्रत्याषियों द्वारा नामांकन दाखिल किये जाने की संभावना है भाजपा के प्रदेष अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने बताया कि बेरमो में पार्टी प्रत्याषी के नामांकन दाखिल के मौके पर भाजपा के अलावा सहयोगी दल आजसू पार्टी के कई वरिष्ठ नेता उपस्थित रहेंगे इधर प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता आलोक कुमार दूबे ने बताया कि बेरमो में कांग्रेस प्रत्याषी के नामांकन के मौके पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और विधायक दल के नेता के अलावा कई विधायक और वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे भारतीय जनता पार्टी ने राज्य सरकार पर बेरमो विधानसभा उपच्नाव को प्रभावित करने की मंशा का आरोप लगाते हुए भारत निर्वाचन आयोग से षिकायत की है पार्टी नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज रांची में संयुक्त मुख्य चुनाव पदाधिकारी हीरालाल मंडल को ज्ञापन सौंपा है ज्ञापन में बेरमो अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सतीश चंद्र झा को चुनाव कार्य से दूर करने और स्थानांतरण करने की मांग की है

चाईबासा समाहरणालय के सभागार में जिला प्रशासन के वरीय पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक कर उन्होंने अभियान से जूड़े कई विषयों की जानकारी ली डीजीपी ने पूलिस के वरीय अधिकारियों को नक्सलियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियानों को लेकर कई दिशा निर्देश भी दिए हैं इस दौरान कोल्हान प्रक्षेत्र के पुलिस उपमहानिरीक्षक राजीव रंजन सिंह पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त अरवा राजकमल और पुलिस अधीक्षक अजय लिंडा मौजूद थे

जहाँ से अदालत ने उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया

सीआईडी की टीम ने उसे पश्चिम बंगाल के वर्धमान से गिरफ्तार किया

गिरिडीह जिले में आज अलग अलग घटनाओं में चार लोगों की मौत हो गयी पहली घटना में बिरनी थाना थना क्षेत्र के सिमरादिह गांव में एक महिला की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई है जबकि मुफस्सिल थाना क्षेत्र के भरकठा गांव में एक व्यक्ति का शव कुँआ से मिला वहीं मधुवन थाना क्षेत्र में एक सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई इधर बेंगाबाद थाना क्षेत्र के फ्रसोदिह गाँव में बिजली करंट लगने से एक व्यक्ति की मौत हो गयी दुर्गापूजा को लेकर आज रांची के उपायुक्त छवि रंजन की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक आयोजित की गयी बैठक में शांतिपूर्ण एवं भाईचारे के साथ त्योहार मनाने की बात कही गयी इस मौके पर उपायुक्त ने कहा कि कोरोना वायरस संक्रमण के इस विपदा काल में दर्गा पूजा का आयोजन अन्य वर्षो की तुलना में अलग होगा सभी पूजा समितियों को झारखंड सरकार से प्राप्त दिशा निर्देश के अनुसार दुर्गा पूजा की तैयारी छोटे स्तर पर करनी है किसी भी प्रकार के मेले का आयोजन नहीं होगा बिजली सजावट एवं लाउडस्पीकर नहीं लगाया जाएगा उन्होंने बताया कि इस बार छोटे पंडालों का निर्माण किया जाना है सभी पूजा समितियों से उन्होंने दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की हजारीबाग में दुर्गा पूजा की तैयारियां जोर शोर से चल रही है

जबकि घर का एक सदस्य गंभीर रूप से घायल हो गया